कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर होगी चर्चा आज तीन श्रमिक विषेष रेल से झारखंड लौट रहे प्रवासी मजदूर स्टेषन पर स्क्रीनिंग के बाद भेजा जाएगा उनके गृह जिले कल घोषित होगी जेईई और नीट परीक्षा की नई तारीख मौके पर केन्द्रीय मंत्री रमेष पोखरियाल निषंक छात्रों से करेंगे ऑनलाइन संवाद द्रदर्शन पर रामायण धारावाहिक के दर्शकों की संख्या ने बनाया विश्व रिकार्ड उपराष्ट्रपति ने भारतीय महाकाव्यों पर आधारित धारावाहिकों के पुनर्प्रसारण के लिए दूरदर्शन की सराहना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे इस वर्चअल सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर चर्चा की जाएगी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के राष्ट्रध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के इस विशेष ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन अजरबेजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेफ की पहल पर हो रहा है अजरबेजान इस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है

झारखण्ड के बाहर फंसे विधार्थियों और श्रमिकों को वापस लाने की प्रक्रिया जारी है आज तीन श्रमिक स्पेषल रेल के द्वारा मजदूरों को तिरूवन्तपुरम बैंगलूरू और नागौर से लाया जा रहा है

रामगढ़ जिला के ईट भट्टों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के करीब डेढ़ दर्जन मजदूरों को सदर विधायक मनीष जायसवाल के प्रयास से आजमगढ़ भेजा गया लॉक डाउन के कारण ये मजदूर पिछले एक माह से परेशानियों में धिरे हुए थे रामगढ़ से हजारीबाग पैदल पहुंचने के बाद मजदूरों ने सदर विधायक से सहायता मांगी थी स्कूल के वाहन से मजदूरों को आजमगढ़ के लिए रवाना किया राज्य के मुख्य सचिव ने बाहर फंसे लोगों के झारखण्ड आने के लिए एस ओ पी स्टैन्डड ऑपरेटिंग प्रोसिडयोर जारी किया है इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन झारखण्ड यात्रा पंजीकरण झारखण्ड प्रवासी डॉट इन पर प्रवासी झारखण्ड वासियों को खुद को पंजीकृत करना होगा सभी जिलों के उपायुक्त पंजीकृत लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराएगी

दस हजार आठ सौ सतासी व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छट्टी दी जा चुकी है

देश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या चालीस हजार दो सौ तिरसठ है इस महामारी से अभी तक एक हजार तीन सौ छह लोगों की मौत हुई है

लोहरदगा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला हितग्राहियों के खाते में पांच सौ रुपये स्थानांतरित कर दिए गए हैं यह राशि महिलाएं बैंक से निकाल रही हैं

जन जातीय कार्ये मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों ने वन उत्पादों की खरीद की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है चालू वित्त वर्ष में बीस करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की जा चुकी है मंत्रालय ने बताया कि उनचास वन उत्पादों के न्यनतम समर्थन मुल्य में संशोधन की घोषणा के बाद खरीद का काम और तेज होगा वन धन मोनिट डैशबोर्ड नाम से एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है जो राज्य स्तर पर छोटे वन उत्पादों की खरीद की गतिविधियों की सूचना देती है

सारंडा के बीहड़ में महिला समितियों को आगे लाकर उनको स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है

इन मशीनों के जरिए महिलाएं फिलहाल कोरोनावायरस से बचने के लिए मास्क निर्माण में जुटी हुई हैं सामठा के वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके लाल ने बताया कि इनके द्वारा बनाए गए मास्क ग्रामीणों को सस्ते दाम में उपलब्ध कराए जाएंगे

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनिल गुरतू इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे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

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा

ये परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी कल केन्द्रीय मंत्री रमेष पोखरियाल निषंक छात्रों से ऑनलाइन संवाद भी करेंगे

ये सभी लोग राजस्थान के नागौर से विशेष ट्रेन के माध्यम से रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन आएंगे इसे लेकर उपायुक्त संदीप सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रभात कृमार ने जिले और रेलवे के अधिकारियों के साथ बरकाकाना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया एवं अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए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

सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने गाँव के लोगों को लॉक डाउन में काम देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है

प्रभावित व्यक्ति को सरकारी देखरेख में कोरनटीइन में भेज दिया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक के दर्शकों की संख्या का विश्व रिकार्ड बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक ट्वीट के जरिये उन्होंने भारतीय महाकाव्यों पर आधारित धारावाहिकों कें पुनर्प्रसारण के लिए दूरदर्शन की सराहना की उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे युवाओं को देश के स्वर्णिम अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी मिलेगी

देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में योगदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की है